् मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने मतदाताओं से स्वतंत्र और भयमुक्त होकर मतदान की अपील की

इस चरण में जयपूर जयपूर ग्रामीण गंगानगर बीकानेर चूरू झुंझुंनू सीकर अलवर भरतपुर करौली धौलपुर दौसा तथा नागौर संसदीय क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे है

मतदाताओं में वोट डालने को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है जयपूर में भी कई केन्द्रों पर मतदाताओं की लम्बी कतारें देखी जा रही है

उन्होंने आज जयपुर में एक मतदान केन्द्र पर परिवार सहित वोट डालने के बाद उम्मीद जताई कि इस बार मतदान का प्रतिशत बढेगा

केवल मतदाता पर्ची के आधार पर ही वोट नहीं दिया जा सकेगा

जयपुर ग्रामीण से भाजपा उम्मीदवार कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने वैशाली नगर स्थित मतदान केन्द्र पर वोट डाला उन्होंने मतदाताओं से देश के निर्माण के लिए आवश्यक रूप से वोट डालने की अपील की उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर में चार दीवारी स्थित मतदान केन्द्र पर अपने मताधिकार का उपयोग किया उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए सभी को वोट डालना चाहिए मतदान वाले सभी जिलों में आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है

बीकानेर सुरक्षित सीट पर भाजपा प्रत्याशी केन्द्रीय मंत्री अुर्जन राम मेघवाल और कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व आईपीएस मदन गोपाल मेघवाल के बीच मुख्य मुकाबला है वहीं जयपुर ग्रामीण में दो पूर्व ओलम्पियनों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है इनमें भाजपा प्रत्याशी और केन्द्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने कांग्रेस उम्मीदवार तथा सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया ताल ठोक रही है

कल ही पहला रोजा भी रखा जाएगा हिलाल कमेटी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आज चांद की तीस तारीख होगी और रात को ईशा की नमाज के बाद मस्जिदों में पहली तरावीह होगी तथा मंगलवार से पहला रोजा रखा जाएगा प्रदेश के मुस्लिम बाहल्य क्षेत्रों में रमजान माह को देखते हुए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है मस्जिदों के साथ बाजारों को सजाया जा रहा है रमजान से पहले आज बाजारों में खरीददारी का माहौल बना हुआ है

राजस्थान में इस दिन का खास महत्व है ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में होने वाले विवाहों को लेकर प्रदेशवासियों में खासा उल्लास देखने को मिल रहा है संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिलों के प्रशासन की ओर से निगरानी दस्ते बनाए गए है पश्चिमी इलाकों कांठल और वागड क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है

वॉटर होल पद्वति से पूर्णिमा के दिन प्राकृतिक रोशनी के बीच वन्य जीवों की गणना का काम पूरा किया जायेगा इस बार वन विभाग ने गणना के तरीके में बदलाव करते हुए रेंज की बजाय बीट स्तर पर गणना करवाने का निर्णय लिया है इसके तहत बीट में उपलब्ध जलस्त्रोत को चिन्हित किया गया है